कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी आज जयपुर और बीकानेर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता गजेन्द्र सिंह शेखावत और संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर कोटा तथा बूंदी में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे

प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रबंधन का काम जोधपुर के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एनआईसी द्वारा विकसित ईएमएस सॉफ्टवेयर से होगा एनआइसी ने चुनाव कार्यों के सम्पादन के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया है यह सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में विकसित है इसे राजस्थान के सभी जिलों में लागू करने में निर्वाचन विभाग पर किसी तरह का अतिरिक्त व्ययभार नहीं होगा इस तकनीक से चुनाव कार्येक्रम का संचालन बहुत ही आसानी से होने के साथ चुनाव की तैयारियों के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लगाने की जरूरत नहीं होगी चुनाव विभाग के विभिन्न अधिकारियों के समक्ष एनआइसी जोधपुर द्वारा कल सॉफ्टवेयर की कार्यविधि की प्रदर्शन वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा किया गया राज्य के सभी जिलों की एनआईसी के जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों डीआईओ की वीडियो कान्फ्रेंस भी कल ही आयोजित की गई जहां सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए सॉफ्टवेयर का प्रदर्शन कर सभी जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है जैसलमेर में चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन और निर्वाचन विभाग के अधिकारी और सकिय हो गये है

निर्वाचन विभाग द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों के तहत आज जागरूक नागरिक मोबाईल एप्लीकेशन का प्रशिक्षण जिला परिषद सभागार में दिया जायेगा उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसमें हनुमानगढ़ जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी और उप पंजीयक हनुमानगढ नायब तहसीलदार पीलीबंगा छानीबड़ी और प्रभारी अधिकारी कानुन व्यवस्था तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी प्रदेश के दो दिवसीय दौरे के तहत आज दूसरे दिन जयप्र और बीकानेर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे श्री गांधी जयपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे वहीं बीकानेर में स्थानीय मेडिकल कॉलेज मैदान में महासंकल्प रैली को संबोधित करेंगे

जयपुर जिला कलक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ महाजन ने कहा है कि जिले में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव सामग्री और प्रचार प्रसार सहित विभिन्न प्रकार के खर्चो की सख्त निगरानी की जायेगी उन्होने कहा कि इसके लिए पुलिस बल सहित फ्लाइंग स्कवैड स्टेटिटिक्स सर्विलांस टीमे वीडियों सर्विलांस टीमे और एकाउंटिंग टीमों को तैनात किया जायेगा जो सभी सभाओं और राजनैतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगीं उन्होंने कल जिले और विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक सम्बोधित करते हुए ये बात कही

बडी संख्या में जीका के मरीजों की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी में एक नियंत्रण कक्ष सक्रिय किया गया है ताकि हालात की नियमित निगरानी की जा सके इस बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा है कि जीका वायरस संक्रमण को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है

शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गये है विभिन्न मंदिरों और घर घर में घट स्थापना की जा रही है आज से नौ दिन तक मंदिरों में भक्ति और अराधना के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे जयपुर के आमेर में शिला माता मंदिर में विशेष मुहर्त में घट स्थापना की गई बांसवाडा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में सुबह घट स्थापना के साथ मंगला आरती की गई करौली के कैला देवी मंदिर में आज से मेला शुरू हो गया है आज से ही जगह जगह रामलीला का मंचन भी शुरू हो जायेगा वहीं डांडिया और गरबा महोत्सव के आयोजन भी आज से ही शुरू होंगें